अपने संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉ मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी उन्होंने कहा कि मजबूत और संगठित भारत के लिए डॉ मुखर्जी की सशक्त भावना हम सभी को प्रेरणा देती है और यह एक सौ तीस करोड़ भारतवासियों को शक्ति भी प्रदान करती है भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड़डा ने राजधानी दिल्ली में शहीदी पार्क जाकर उनको श्रद्वांजलि अर्पित की उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता डॉ मुखर्जी के बताए रास्ते और आदर्शों पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्य तिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई कुल्लू में हुए श्रद्वांजलि कार्यक्रम में ज़िला भाजपा अध्यक्ष भीमसेन शर्मा ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन सभी को समाज सेवा करने और एकजुटता की प्रेरणा देता है ओलंपिक दौड़ आज विश्व ओलंपिक दिवस है इस अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आज सुबह युवाओं ने ओलंपिक दौड़ में भाग लेकर नशे से दूर रहने का संदेश दिया

शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दौड़ को हरी झण्डी दिखाई इस अवसर पर रिज मैदान पर जूडो व कराटे संघ से जुड़े खिलाड़ियों ने विभिन्न क्रियाओं और व्यायाम का शानदार प्रदर्शन किया सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर आयुवर्ग के लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आह्वान किया ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर भी इस मौके मौजूद रहे मारकण्डा इस बीच कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने कहा है कि युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाने में खेलों की अहम भूमिका है काज़ा के रंगरीक में आज मैराथन दौड़ के प्रतिभागियों को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से एक ओर जहां युवाओं का शारीरिक व मानसिक विकास होता है वहीं वे नशे से भी विमुख होते हैं

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने कहा है कि चम्बा जिले के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां विकास के नए कीर्तिमान स्थापित होंगे लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार चम्बा पहंचे किशन कपूर ने आज एक समारोह में ये बात कही उन्होंने भारी जनसमर्थन के लिए चम्बा जिले के लोगों का आभार जताया किशन कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है और पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ी है सांसद ने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नई विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने शारीरिक व मानसिक रोगों को दूर करने में योग को महत्वपूर्ण बताया है

सैजल ने कहा कि योग के कारण विश्व में भारत की विशेष पहचान रही है और पिछले दो दशकों में योग गुरू बाबा रामदेव ने योग को जन जन तक पहुंचाया है

शिमला स्थित उनके निजी आवास हॉली लॉज में बड़ी संख्या में वीरभद्र सिंह के समर्थकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को जन्मदिन पर शुभकामनाए देते हुए उनके स्वस्थ जीवन व दीर्घायु की कामना की कांग्रेस पार्टी के अनेक नेताओं और विधायकों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं

उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल से ही शिमला सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है और यहां रचनात्मक कार्य होते रहे हैं

दुर्घटना किन्नौर ज़िले में काशंग नाला के पास आज सुबह पहाड़ी से चट्टानें गिरने के कारण दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई ये युवक पंजाब के रहने वाले थे जो किन्नौर ज़िले में घूमने आए थे ये हादसा इतना भयंकर था कि दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया